विभिन्न पार्टियों का प्रचार अभियान चरम पर है और मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा और कांग्रेस ने अपनी जीत के दावे किये

जोशीमठ से आगे सड़क पर जमी बर्फ को साफ करने के साथ ही अन्य तैयारियां जारी

वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार एक्सीलिरेटर पर और विकास वेंटिलेटर पर रहा है कांग्रेस के ट्रजी कोयला कॉमनवेल्थ कर्जमाफी हेलिकॉप्टर और बोफोर्स घोटालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर घोटाले के दलालों को किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का कार्य आगे बढ़ पाया है जबकि कांग्रेस ने गंगा को अपने कारनामों से और मैली करने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और देश के लोगों ने अपना पेट काटकर वहां के लिए पैसा दिया लेकिन कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथी अलगाव की भाषा बोलते हैं और कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हैं

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हाल में शहीद हुए सैनिकों के नाम गिनाते हुए उनके परिवारों को विश्वास दिलाया कि मोदी टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश के सामने दीवार बनकर खड़ा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चालीस वर्षो से ओआरओपी का मामला लटका कर रखा और हमारी सरकार ने इसे सुलझाकर लाखों पूर्व सैनिकों को इसका लाभ दिलाया श्री मोदी ने कहा कि हमने पहाड़ को पलायन से जोड़ा और अब हम इसे पर्यटन से जोड़ेंगे उन्होंने कहा कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आये इसके लिए हमारी प्रतिबद्वता रहेगी

श्री मोदी ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि वे और पांच साल के लिए भाजपा को अपना पूरा जनादेश दें जैसा कि उन्होंने पिछले आम चुनाव में किया था

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए देहरादून में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सैनिकों को गुमराह कर रही है उन्होंने थ्टैच्य कानून को लेकर भाजपा पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में

कानून को अब हटाने की बात की है लेकिन भाजपा ने तो इसे पहले ही कई राज्यों से हटा दिया है

पार्टियों से अलग हए नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोबारा पार्टी में शामिल करने का सिलसिला भी जारी है इसी कड़ी में देहरादून में गोरखा समुदाय के कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी में वापसी की टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकारों की अनदेखी के चलते गोरखा समुदाय ने कांग्रेस का हाथ थामा है प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में गोरखा समुदाय से जुड़े देहरादून के कुछ पार्षद और पूर्व पार्षद और पार्षद चुनाव लड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए

उन्होंने कांग्रेस को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी पार्टी करार दिया उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र पर भी कटाक्ष किया जनसभा में अल्मोड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में विकास हआ है स्लग कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय कमेटी सदस्य विजू कृष्णनन ने मसूरी में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में आम जनता सुरक्षित नहीं है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाओं में अपने विचार रखे उन्होंने राजपुर और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जनसंपर्क किया और पार्टी प्रत्याशी कॉमरेड राजेंद्र पुरोहित के लिए जनता से वोट मांगे राजेन्द्र पुरोहित ने पलायन पर अंकुश लगाने के साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उद्योगों के विकास कृषि क्षेत्र की बेहतरी को अपनी प्राथमिकता बताया स्लग पिंक बूथ महिला मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए इस बार कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सखी बूथ बनाये गए हैं जिन्हें पिंक बूथ नाम भी दिया गया है पौड़ी जिले में दो सखी बूथ बनाये गये हैं इनमें से एक पौड़ी और दूसरा कोटद्वार विधानसभा में बनाया गया है सखी बूथों में मतदानकर्मी से लेकर सुरक्षाकर्मी तक महिलाएं होंगी सखी ब्रथों को लेकर महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है महिला मतदाताओं का कहना है कि यह पहल महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल होगी और इससे उनमें जागरूकता आयेगी टिहरी जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक महिला मतदान केंद्र स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है चुनाव आयोग की इस पहल से महिलाएं बेहद खुश हैं

उधर अल्मोड़ा में छह विधानसभा क्षेत्रों में सखी बूथ बनाये गये हैं सखी बूथ में नियुक्त महिला कार्मिकों को आज ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया

उन्होंने ऑलवेदर रोड सिमली ग्वादम मोटरमार्ग पर कटिंग कार्य को रोककर सड़क से मलबा साफ करने सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश संबंधित संस्थाओं को दिये उन्होंने सभी सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को मोटरमार्गों पर पर्याप्त संख्या में मैन पावर और जेसीबी की भी तैनाती सुनिश्चित करने को कहा ताकि कोई भी मार्ग बाधित होने पर उसको तुरंत खोला जा सके स्लग वोट जागरूकता मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रुदप्रयाग में जगह जगह छात्र छात्राओं ने फ्लैश मॉब डांस कर लोगों से वोट देने की अपील की स्वीप टीम ने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए गढ़वाली भाषा में गीत तैयार किए हैं इन गीतों के माध्यम से भावी मतदाताओं ने लोगों को जागरूक किया इसके अलावा स्लोगन के जरिए भी लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया मतदाताओं को बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का मत देश के विकास में सहायक है स्वीप टीम द्वारा वोटर सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है स्लग एसपी घोषणापत्र समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए सामाजिक न्याय से महापरिर्वतन लाने की बात कही घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों में खुशहाली तभी आएगी जब उनका कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा पार्टी ने घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का भी वादा किया है श्री यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जीएसटी जैसी नीतियों के जरिए अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रहे हैं उन्हों ने कहा कि भाजपा ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर किया है

इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में लगा है बदरीनाथ धाम तक जाने वाली सड़क पर जमी बर्फ को बीआरओ ने साफ कर दिया है इस बार भारी बर्फबारी हुई जिसके कारण सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई थी बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद बदरीनाथ धाम तक वाहनों के लिए सड़क मार्ग को खोल दिया है

जल्द ही यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा

स्काई रनिंग के महासचिव कुलदीप पाटिल ने बताया कि प्रदेश में यह रेस पहली बार आयोजित की जा रही है जिसमें धावकों को खड़ी पहाड़ियों और कच्ची पक्की सड़कों पर दौड़ना पड़ता है उन्होंने बताया कि इस तरीके की रेस आज तक केवल विदेशों में ही होती रही हैं भविष्य में देश के अन्य हिल स्टेशनों पर भी इस रेस का आयोजन किया जाएगा

बालिका जूनियर वर्ग में प्रिया डिमरी ने ढाई किलोमीटर की रेस में बाजी मारी बालक जूनियर वर्ग में वैभव सती पहले स्थान पर रहे

उच्चतम न्यायालय ने चुनाव बॉण्ड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया है